समापन समारोह में मेले में स्टॉलों की साज सज्जा एवं प्रस्तुतीकरण के लिये स्टॉल धारकों को पुरस्कृत भी किया जायेगा

ये कार्यक्रम निराश्रत बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने भारतीय विज्ञान परंपरा से परिचित कराने और बच्चों में विज्ञान को लोकप्रिय करने के लिये हो रहा है कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्यपाल लालजी टंडन होंगे भाजपा अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज इंदौर पहुंचे यहां उनका स्वागत प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राकेश सिंहपूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहानभाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और राज्य विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने किया कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद श्री नड्डा की यह पहली इंदौर यात्रा है इंदौर में उनका कार्यक्रम सिंधी और सिख समाज सहित ऐसे लोगों से मिलने का है जो कई वर्षों से नागरिकता कानून की प्रतीक्षा कर रहे थे श्री नड्डा राजीव गांधी चौराहा स्थित एक गार्डन में पार्टी के जनप्रतिनिधियों पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे है कानून विरोध जबलपुर में नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में हुए प्रदर्शन के बाद अब हालात नियंत्रण में हैं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

मुरैना जिले के जौरा से दिवंगत कांग्रेस विधायक बनवारीलाल शर्मा का आज उनके पैतुक गांव जापथाप में राजकीय सम्मान के साथ दोपहर बाद अंतिम संस्कार किया जायेगा